विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की केन्द्र से तपोवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी स्थापित करने की मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना के बिगड़े हालात के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेवार राज्य में पांचवें दिन भी जारी रहा वर्षा तथा बर्फबारी का सिलसिला पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में

इस मौके पर प्रदेशभर में शपथ समारोहों का आयोजन किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राज्य के लोगों को संविधान दिवस की बधाई दी है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बचत भवन शिमला में और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय नाहन में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों की शपथ दिलाई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वह ताकत है जो इस देश को अखंड रखने के साथ साथ नए भारत के निर्माण की बुनियाद भी तैयार करता है

इस बीच आकाशवाणी शिमला में भी अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि देश के सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए उनका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री का विरोध करना है जयराम ठाक्र आज जम्मू के महानपुर और बशोली क्षेत्र में जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में भी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सफल प्रयास किए हैं उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्वस्थ परंपराओं को पोषित और विकसित किए जाने की ज़रूरत है ताकि समतावादी समाज की स्थापना से तीनों अंगों में बेहतर समन्वय बना रहे परमार आज गुजरात के केवड़िया में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी की स्थापना की जाए ऐसा करने से यहां सांसदों और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों और अधिकारियों को ई विधान प्रणाली का आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा साथ ही इस भवन का उचित इस्तेमाल भी होगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी देखा जा सकेगा महेन्द्र सिंह जलशक्ति महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा है कि सरकाघाट के बरच्छवाड़ में प्री कोचिंग सैनिक अकादमी का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा

महेन्द्र सिंह ठाक्र आज संधोल में सीएसडी कैन्टीन और सैनिक विश्राम गृह निर्माण को चयनित भूमि के निरीक्षण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

ये दुर्घटना गेट नामक स्थान पर हुई दुर्घटना के समय तीनों युवक चंबा से अपने घर की ओर जा रहे थे

दुर्घटना का कारण सड़क की हालत खराब होना बताया जा रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना संकमण नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में प्रचार में व्यस्त हैं इससे साफ है कि भाजपा अपनी राजनीति और चुनावों को ज्यादा महत्व देती है सुखराम इस बीच ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए हर प्रदेशवासी का जीवन अनमोल है उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या और मृत्युदर में बढ़ौतरी का प्रमुख कारण सामाजिक समारोह और आम जनता द्वारा बरती गई ढील है इसी के चलते सरकार ने एक बार फिर ऐसे समारोह में लोगों की संख्या को नियंत्रित किया है

आज कुटलैहड़ की रैनसरी पंचायत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि आज पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है वीरेन्द्र कंवर ने इस मौके पर लमलैहड़ी में पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा भी की

इनमें सर्वाधिक अ मामले शिमला जिले में दर्ज किए गए

मौसम प्रदेश में आज पांचवें दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा जिससे पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में है

राजधानी शिमला की जाखू पहाड़ी पर बीती रात इस मौसम का पहला हिमपात हुआ

उधर कुल्लू जिला के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है जबकि भारी बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी का सड़क संपर्क आज भी शेष विश्व से कटा रहा बर्फबारी के कारण किन्नौर ज़िला में सेब सीज़न प्रभावित हुआ है शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में आज दिनभर घने बादल छाए रहे तथा रूक रूक कर वर्षा होती रही इस बीच मौसम विभाग ने कल से राज्य में मौसम के साफ हो जाने की संभावना जताई है

कुल्लू के अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण कार्य के चलते गड़सा वैली के हुरला नाला का जलस्तर कभी भी घट या बढ़ सकता है उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नाले के समीप न जाएं और अपने पशुओं को भी नाले से भी दूर रखें क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है